प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिये टाईम बाउंड क्लीयरेंस एक्ट का मसौदा तैयार गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में सारंग तोप का सफल परीक्षण

कृषि नीति केन्द्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कृषि संबंधी विभिन्न नीतियों को छोटे किसानों तक ले जाने के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा है कि इन किसानों का विकास कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभायेगा श्री तोमर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम में कृषि के महत्व के बारे में एक दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ नीतियों के दोषपूर्ण ढंग से लागू होने के कारण छोटे किसानों के लिए कृषि उत्पादन में उपयोगी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है श्री तोमर ने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय इस अन्तर को समाप्त करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि छोटे किसान सभी लाभकारी नीतियों से प्रभावी ढंग से जुड़ सकें

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के लिये मुख्यमंत्री की चार दिवसीय दावोस यात्रा के दौरान उद्योगपतियों को इस मसौदे के साथ ही राज्य सरकार की निवेश मित्र नीतियों के बारे में जानकारी दी जा रही है

मुख्यमंत्री कमलनाथ इन्दौर से प्रायोगिक तौर पर इसकी षुरुआत करेंगे घर पहंच नागरिक सेवा में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को चयनित सेवाएं घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी षुरुआती तौर पर इसे सिर्फ शहरी सीमा में उपलब्ध कराया जाएगा

एक भारत श्रेष्ठ भारत केन्द्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले में आज मणिपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय कन्या महाविद्यालय में मणिपुर राज्य से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई तथा राज्य से संबंधित जानकारी पर एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई इस दौरान मणिपुर नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां भी हुई गौरतलब है कि इस अभियान के तहत मध्यप्रदेश को मणिप्र और नागालैंड के साथ एक समूह में रखा गया है महाविद्यालय के प्रोफेसर और छात्राओं ने आकाशवाणी को बताया कि इस आयोजन से हमें मणिपुर की संस्कृति के बारे में जानने को मिला है

ट्रक से टकराने के बाद बस एक बाइक सवार को रौंदते हुए पलट गई जिससे बाईक सवार युवक सहित दो बस यात्रियों की मौत हो गई और एक दर्जन यात्री घायल हो गये

सारंग पूरी तरह भारत में निर्मित तोप है

इस तोप का निशाना अच्रक होता है और इससे लगातार गोले दागे जा सकते हैं पहाड़ों में छुपे दुश्मनों के सफाये के लिए यह बहुत उपयोगी है सीएए रैली नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रदेश में जगह जगह रैलियों का आयोजन किया जा रहा है सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों द्वारा रैली का आयोजन किया गया जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए स्थानीय मिशन स्कूल मैदान पर पहुंची रैली में केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि यह कानून किसी के लिये भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है इस मौके पर बालाघाट सांसद डॉ ढाल सिंह बिसेन सिवनी विधायक सहित जिले भर से आये जनप्रतिनिधि शामिल हुए एससी आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ एल मुरूगन ने सागर में हुई घटना पर पुलिस अधीक्षक सागर को एक हफ्ते के भीतर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है श्री मुरूगन ने आज भोपाल में पत्रकारों को बताया कि आयोग ने पीड़ित के बयान के आधार पर गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों के अलावा इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं

मौसम प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

वहीं नरसिंहपुर श्योपुर गुना राजगढ़ जिलों में तेज ठंड से लोग परेशान रहे हमारे श्योपुर संवाददाता ने बताया है कि एक दिन की हल्की बारिश के बाद सर्दी के तेवर तीखे हो गये हैं इसके चलते रात के तापमान में चार डिग्री की गिरावट आई